उन्होंने लोगों से सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने सामाजिक दूरी व स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की है पठानिया वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि नई राहें नई मंजिल योजना के तहत पौंग झील में पांच करोड़ रूपए खर्च किए जा रहे हैं

राकेश पठानिया ने अधिकारियों को क्षेत्र में चल रहे सभी विकास कार्यों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने के भी निर्देश दिए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में ईको ट्ररिजम सहित अन्य गतिविधियों को विकसित करने की संभावनाओं पर विशेष कार्य किया जा रहा है ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके शोक राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय खाद्य व उपभोक्ता मामले मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है अपर्ने शोक संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि रामविलास पासवान को दलितों के उत्थान के लिए दी गई बहमल्य सेवाओं के लिए हमेशा याद रखा जाएगा मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि रामविलास पासवान समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए हमेशा खड़े रहे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी रामविलास पासवान के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है बिकम सिंह उद्योग मंत्री बिकम सिंह ठाकूर ने कहा है कि प्रदेश सरकार हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए कृतसंकल्प है कांगड़ा जिले में परागपुर विधानसभा क्षेत्र के अप्पर भलवाल व नारी में जनता से संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से प्रदेश के लोग लामान्वित हो रहे हैं बिकम ठाकूर ने कहा कि क्षेत्र में निर्भित तीन नई पंचायतों नारी अप्पर भलवाल व दोद् राजपूतां के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी

आयोग के संचिव सुरजीत राठौर ने कहा कि मतदाता सुची का प्रारूप ग्राम पंचायत विकास खंड जिला पंचायत अधिकारी के कार्यालय व राज्य निर्वाचन आयोग की वैबसाईट पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध है

दिशा निर्देश केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर मनोरजंन पार्क और ऐसी अन्य जगहों पर संक्रमण से बचाव के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है

मनोरंजन पाकोँ में सभी प्रकार के झुलों को सेनिटाइज करना होगा और आने जाने का अलग समय रखा जाएगा थिएटर और फूड कोर्ट में कुल क्षमता के पचास प्रतिशत लोगों को ही आने दिया जाएगा